सिरमौर जिले के प्रवास के आज दूसरे दिन सराहां में मिनी सचिवालय का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का सुधार होने से लोगों को बेहतर आवाजाही की सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी सचिवालय के बनने से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी

इससे पहले मुख्यमंत्री ने नाहन ददाहू हरिपुरधार सड़क पर रेणुका जी में गिरी नदी पर बनने वाले डबललेन पुल की आधारशिला भी रखी मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले में आज विभिन्न विकास कार्यो की आधारशिला रखी

मारकंडा ने कहा कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनने से किसान केलंग में ही अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवा सकेंगे वीरेन्द्र कंवर ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चोगाठ गांव में पर्यटन की दृष्टि से कैम्पिंग साइट विकसित की जाएगी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इन जलाश्यों के आस पास पर्यटकों की सुविधा के लिए दैक बनाए जाएंगे और लोगों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अधिकारियों को जनता की शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं चंबा जिला मुख्यालय में आज एक बैठक में उन्होंने मैडिकल कॉलेज भवन के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताई और कॉलेज प्रबंधन को जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए रेडकॉस सोसाइटी राज्य रेडकॉस सोसाइटी अक्षम व बुजुर्ग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सराहनीय कार्य कर रही है ये बात प्रदेश रेडकॉस सोसाईटी की उपाध्यक्ष साधना ठाक्र ने आज कुल्लू में तीन दिवसीय रेडकॉस मेले के उद्घाटन अवसर पर कही उन्होंने महिलाओं से भी रेडकॉस और अन्य सामाजिक कार्यो में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की इस अवसर पर साधना ठाक्र ने विभिन्न विभागों और शिक्षण संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया जयंती देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई शिमला के रिज मैदान स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने पृष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया इस मौके नगर निगम के उप महापौर सहित अन्य गणमान्य लोग और स्कूली विद्यार्थियों ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की सूचना व जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति पर आधारित भजन प्रस्तुत किए इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कार्यकम आयोजित कर इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्दांजलि दी अनुराग लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसी खींचतान में ही व्यस्त है राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने केन्द्र और विभिन्न प्रदेशों में चरणबद्व तरीके से विकास किया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा लोगों को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है जिससे देश के हर राज्य में पार्टी को भरपूर जनसमर्थन मिला है कांग्रेस मंडी संसदीय क्षेत्र का एक दिवसीय सम्मेलन आज कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुआ जिसमें प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहीं इस अवसर पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया इस दौरान पार्टी नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी पार्टी प्रभारी ने संसदीय क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर भी राय जानी

उपायुक्त विनोद कुमार ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां युवाओं के ज्ञानवर्धन में अहम भूमिका निभाती हैं प्रदर्शनी में लोगों को डाक विभाग की पुरानी डाक टिकटों के बारे में जानकारी मिलेगी इस दौरान बच्चों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी